नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार शुक्रवार तक नाम वापस ले सकेंगे वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है

आन्द्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार तेलंगाना और उत्तराखंड के सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पहले चरण में शामिल हैं

गेहू खरीदी प्रदेश में े समर्थन मूल्य पर गेहू खरीदी का कार्य शुरू हो गया है हालांकि कई जिलों में गेंहू खरीदी के लिये पर्याप्त तैयारियां नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा शिवपुरी जिलें में किसी भी केन्द्र पर खरीदी नहीं हो सकी जिला खाद्य अधिकारी नारायण शर्मा ने बताया कि इसकी वजह ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी आना है श्री शर्मा ने बताया कि सिस्टम सुधार का कार्य किया जा रहा है

नगरनिगम की दमकलों ने आग पर काबू पाया